हर जोन के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए गए है कन्टेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं पुलिस और प्रशासन की जरूरी गतिविधियों के अलावा किसी भी तरह की रियायत लागू नहीं होगी राज्य में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक चिकित्सकीय और अन्य आपात स्थिति को छोडकर आवागमन पर रोक रहेगी

रेड जोन में सरकारी कार्यालयों में पचास प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी जबकि ओरेंज जोन में दो तिहाई स्टाफ दफ्तर आ सकेगा एयर एम्बूलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों को छोडकर घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय उडानों पर रोक रहेगी सभी मैट्रो रेल सेवाएं बंद रहेगी सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे विशेष ड्यूटी में लगे हुए लोगों और क्वारेन्टीन सुविधा में रह रहे लोगों के लिए होटल और केन्टीन के अलावा सभी रेस्टोरेंट और होटल बंद रहेंगे हालांकि यहां टेक अवे और होम डिलिवरी की सुविधा जारी रहेगी सभी सिनेमा होल शोपिंग मॉल जिम थियेटर मनोरंजन पार्क ऑडिटोरियम और अन्य सार्वजनिक सभा स्थल बंद रहेंगे सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे स्पोर्टस कॉम्पलेक्स और स्टेडियम दर्शकों के बिना खोले जा सकेंगे पान गुटखा और तंबाकू की बिकी पर रोक रहेगी कन्टेनमेंट जोन के अलावा अन्य स्थानों पर सभी दुकानें खोली जा सकेंगी लेकिन यहां सुरक्षा मानको का पालन जरूरी होगा नाई की दुकानें सैलून और ब्यूटीपार्लर कुछ शर्तो के साथ खूल सकेंगे शादी समारोह में पचास से ज्यादा और अंतिम संस्कार में बीस से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है ग्रीन जोन में सिटी बसें चलाने की अनुमति होगी तथा ओरेंज जोन में टैक्सी और कैब ड्राइवर के अलावा दो सवारियों और ऑटो रिक्शा और साईकिल रिक्शा एक सवारी के साथ चलाये जा सकेंगे रेड जोन में विशेष परिस्थितियों को छोडकर कोई भी वाणिज्यिक यात्री वाहन नहीं चल सकेगा इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने और गुटखा तंबाकू न थूकने के नियम सम्पूर्ण राज्य में पहले की तरह ही लागू रहेंगे राज्य में लॉकडान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने तीन लाख बाईस हजार वाहनों का चालान किया हैं

प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों और बसों का आवागमन जारी है

इससे पहले कल अजमेर से एक हजार तीन सौ प्रवासी श्रमिकों को विशेष ट्रेन के माध्यम से उत्तरप्रदेश भेजा गया वहीं बीकानेर से भी एक ट्रेन करीब साढे बारह सौ यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई राज्य में कोरोना संकमण तेजी से फैल रहा है

हालांकि चिकित्सकों की मेहनत भी रंग ला रही है और राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि यह पुराना वीडियो बंगलादेश का है भारत का नहीं